उन्होंने महिलाओँ के खिलाफ अपराध और भीड़ की हिंसा की बढ़ती घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जल संरक्षण और स्वच्छता अभियान पर जन जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से वॉशअप अभियान को लॉन्च किया

प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होने पर बीमा योजना बन रही वरदान

मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों और तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने को कहा

समाचार एजेंसी एएनआई के साथ विशेष मुलाकात में उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्था है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

भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रधानमंत्री ने आशा जतायी कि पाकिस्तान की नई सरकार आतंक और हिंसा से मुक्त सुरक्षित स्थिर और समृद्ध क्षेत्र के लिए काम करेगी मुख्यमंत्री वॉश अप अभियान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जल संरक्षण और स्वच्छता अभियान पर जन जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से वॉशअप अभियान को लॉन्च किया रविवार को ऋषिकेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश के विकास में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए युवाओं में लीडरशिप की भावना का होना जरूरी है देश के विकास एवं बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत होती है उन्होंने कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी देशों को मिलजुलकर प्रयास करने होंगे उन्होंने कहा कि युवा भविष्य में क्या करना चाहते हैं इसकी स्पष्ट सोच होनी चाहिए और युवाओं को जरूरत है कि अपने लीडर स्वयं बने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण संवर्द्धन और जल संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयासों की जरूरत है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऋषिपर्णा और कोसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रही है इन दोनों नदियों के किनारे जन सहयोग से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया किसी भी बड़े अभियान को सफल बनाने के लिए जन सहयोग जरूरी है

बाइट लाभार्थी लाभार्थियों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में जब से जन औषधि केन्द्र खोले गए हैं तब से दवाओं का खर्च उठाना बोझ नहीं लगता जो दवा बाहर से दो सौ रुपये में मिलती थी वही जन औषधि केन्द्र से मात्र सौ रुपये तक में मिल जाती है

बंदरबाड़ा हल्द्वानी में बंदरों के आतंक से फसलों को हो रहे नुकसान से निजात पाने के लिए वन विभाग बंदरबाड़ा बनाने जा रहा है

जिनके खाने पीने की व्यवस्था के साथ उनकी देखभाल के लिए वेटनरी डॉक्टर भी तैनात रहेंगेस कुमाऊं रेंज के मुख्य वन संरक्षक डॉ पराग मध्यकर धकाते ने बताया कि गोलापार में वन विभाग द्वारा बन्दरबाड़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है इसे वनस्थली नाम दिया गया है डॉ पराग ने बताया कि पहाड़ों और आसपास के इलाकों में बंदर लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बंदरो को रेस्क्यू कर इस बंदरबाड़ा में रखा जाएगा

मौसम विभाग के मुताबिक खासतौर पर देहरादून टिहरी पौड़ी चमोली नैनीताल उधमसिंह नगर चंपावत और पिथौरागढ़ में कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है

साथ ही मैदानी क्षेत्र में निचले स्थानों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क किया गया है पिछले एक हफ्ते से राज्य में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है जिससे गंगोत्री यमुनोत्री पिथौरागढ़ समेत कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है सरकार बंद मार्गों को खोलने का लगातार प्रयास कर रही है साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं

बंगलुरू में अज्ञात वाहन ने गरिमा जोशी को टक्कर मार दी थी जिससे वो गम्भीर रूप से घायल हो गई थीं चम्पावत में शनिवार शाम से ग्रिड फेल होने से विद्युत आपूर्ति ठप है यूपीसीएल के अधिशासी अभियंता राजेश मौर्या ने बताया कि बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए इंजीनियर लगातार कार्य कर रहे हैं अल्मोड़ा के रानीखेत के चौबटिया क्षेत्र में भारतीय सेना के गरुड़ डिवीजन द्वारा मिनी मैराथन का आयोजन किया गया ब्रिगेडियर विजयी काला और सेना के अंतर्राष्ट्रीय धावक अंगद कुमार ने ये दौड़ आयोजित करायी